भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश से भाजपा का चूनाव अभियान शुरु किया श्री मोदी ने वेस्ट सियांग जिले में आलो में चूनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर राज्य के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कई दशको से विशेषज्ञ सुझाव दे रहे थे कि राज्य में आध्रनिक ब्रनियादी सुविधाए जुटाने का काम शुरु किया जाये लेकिन नामदार परिवार और उनके समर्थक अपना ही आधार मजबुत करने में लगे रहे श्री मोदी ने कहा कि इस चौकिदार को आजादी के सत्तर साल बाद अरुणाचल को विकास मार्ग पर लाने का मौका दिया गया एन डी ए सरकार की उपलब्धिया गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केद्र ने पांच साल में पचास हजार परिवारो को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये और चालीस हजार महिलाओ को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये एक लाख से ज्यादा परिवारो के लिए शौचालय बनवाये श्री मोदी ने विपक्षी दलो पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की प्रगति और सफलता देखकर उन्हें निराशा हो रही है उन्होंने लोगो से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सरकार अरुणाचल प्रदेश को एक नई ऊचाईयो तक ले जाएगा श्री मोदी ने लोगो से प्रदेश में पेमा खांड्र सरकार के लिए और केंद्र में मोदी सरकार के लिए वोट देकर राज्य में विकास के डबल इंजीन लाने का आह्वान किया आलो चुनाव क्षेत्र में सात उम्मीदवार मैदान में है जिनमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सत्तावन सीटों के चूनाव भी ग्यारह अप्रैल को ही लोकसभा की दो सीटो के साथ होंगे भाजपा तीन विधानसभा सीटें निर्विरोध जीत चुकी है

चांगलांग जिले के मियाओ विधानसभा क्षेत्र के अंदर विजयनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष ताकम संजोय ने राज्य की वायु रेल एवं सड़क संपर्क में बदलाव लाने का वायदा किया किसी भी विकास प्रक्रिया के लिए संपर्क को जीवन रेखा बताते हुए श्री संजोय ने आश्वासन दिया कि यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो मियाओ विजयनगर सड़क निर्माण कार्य को छह महीने के भीतर शुरु किया जाएगा उन्होंने कहा कि विद्यालयो के बुनियादी संरचनाओ में सुधार स्कूल यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तको की निशुल्क एवं समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओ को लागू किया जाएगा और चल रहे योजनाओ को समयबद्ध तरीके से समीक्षा की जाएगी रैली में ईस्ट लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार जे एल वांगलट भी मौजूद थे

मणिपुर के लमका में जन सभा को संबोधित करते हुए श्री संगमा ने कहा कि चूंकि बड़े राज्यों की तुलना में इस क्षेत्र के राज्यों में संसदीय सीटे कम है कभी कभी केंद्र भी पूर्वोत्तर क्षेत्र को गंभीरता से नही लेते है एन पी पी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सीटों के लिए तीस और अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के लिए अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है

आयोग ने यह निर्णय एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से चुनाव के समय सत्तारुढ़ दल के लिए निर्धारित प्रावधानो का उल्लंघन नही हुआ है भारत ने बुधवार को असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उपग्रहभेदी मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने एक उपग्रह को मार गिराया था टेलीविजन रेडियो और सोशल मीडिया पर संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी थी कई विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था

बैठक में प्रतिनिधियो को सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह करते हुए श्री चौधरी ने राजनैतिक पार्टियो से चुनाव से संबंधित किसी भी अभियान को आयोजित करने के लिए नामित अधिकारियो से अनुमति लेने को कहा बैठक में प्रतिनिधियो को निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी आम चुनाव को आयोजित करने और आदर्श आचार संहिता लागू करने पर जारी नवीनतम दिशा निर्देशो पर जानकारी दी गई

बोर्ड परीक्षा में कक्षा पाँच में कुल तेरह हजार दो सौ सैंतीस विद्यार्थी और कक्षा आठ में कुल सौलह हजार चार सौ अटठानवे विद्यार्थियो ने परीक्षा दिया प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने कल एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विद्यार्थी परीक्षा परिणामो को अपने सबंधित विद्यालयो से प्राप्त कर सकते है